उद्योग नीति छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल छत्तीसगढ़ राज्य के बीसवें स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में औद्योगिक नीति को प्रदेश की जनता को समर्पित किया यह नीति वर्ष दो हजार चौबीस तक लागू रहेगी नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे अक्शल श्रेणी में सौ प्रतिशत कुशल श्रेणी में सत्तर प्रतिशत और प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय श्रेणी में चालीस प्रतिशत स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया है नई नीति में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विकासखंडों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर अधिकतम सुविधाएं घोषित की गई हैं साथ ही फल फूल सब्जी और अन्य उद्यानिकी उत्पाद लघ् वनोपज हर्बल और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहन दिए जाने का भी प्रावधान है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राज्योत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसे समावेशी विकास का है जिसमें गांव गरीब किसान अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े तबकों के लोगों को विकास का लाभ मिले उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के आर्थिक मॉडल की चर्चा है इस उपलब्धि में राज्य सरकार की नीतियों के साथ ही जन जन की भागीदारी है समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्यारह नागरिकों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया राज्योत्सव में आज दूसरे दिन के समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छह नागरिकों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगी इस अवसर पर स्थानीय कलाकार छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे

इनमें रायपुर के रामजी लाल अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान माना कैम्प रायपुर के सुदीप दास को बिलासा बाई केवटीन सम्मान खैरागढ़ के प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष को संस्कृत भाषा सम्मान और नई दिल्ली के रवीश कुमार को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान प्रदान किए जाएंगे वहीं दल्लीराजहरा थाने के निरीक्षक मनीष सिंह परिहार को पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान तथा एनटीपीसी लारा रायगढ़ और भिलाई के प्रशांत शेखर शर्मा को संयुक्त रूप से महाराजा रामानुज सिंह देव सम्मान दिया जाएगा इसके अलावा सरगुजा के गंगाराम पैकरा को शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान और मुंगेली की अभ्यारण्य शिक्षण समिति को डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर के लिए एक सुविधा शुरू की है अब ये कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर तैयार कर सकते हैं केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में ईपीएफओ के सड़सठवें स्थापना दिवस के मौके पर इस सेवा की शुरूआत की भक्त चरणदास पर्यवेक्षक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरणदास को छत्तीसगढ़ राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और श्री दास कल तीन नवंबर को रायपुर में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों महामंत्रियों विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे इस बैठक में पार्टी संगठन और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायप्र केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बीजापुर नाव पलटी बीजापुर जिले में नेलेसनार थाना क्षेत्र के सतवा घाट पर नदी पार करते समय नाव के पलट जाने से एक बच्चे सहित तीन लोग बह गए इनमें से बच्चे को बचा लिया गया है जबकि दो अन्य लोगों की तलाश जारी है

यह माओवादी लंबे समय से सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग इलाकों में माओवादी संगठन में सेक्शन कमांडर के रूप में सक्रिय था इस पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है छठ पर्व सूर्य की उपासना का छठ पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ पर्व के तीसरे दिन आज व्रतधारी महिलाओं ने कमरभर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य देकर छठी माई और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की इस मौके पर विशेष प्रकार का पकवान ठेकवा मालपुआ खजूर चावल का बना लड्डू और मौसमी फल के साथ सब्जियां भी चढ़ाई जाती हैं इस पर्व को लेकर रायपुर के महादेवघाट सहित विभिन्न शहरों में तालाबों के घाटों पर जोरदार तैयारियां की गई हैं स्वच्छता के साथ ही रंग बिरंगी रौशनी से घाटों को सजाया गया है अंबिकापुर में भी छठ पर्व की विशेष तैयारियां की गई हैं

तेंदुआ मौत गरियाबंद जिले के खरहरी गांव में घुस आए एक तेंदुएं की आज मौत हो गई वन विभाग की टीम ने इस तेंदुएं को पकड़ने के लिए ट्रेन्कुलाइजर से बेहोश किया था तेंदुएं के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई थीं तेंदुएं का नंदनवन में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया उल्लेखनीय है कि यह तेंदुआ लगातार तीन दिनों से गांव में घुसने का प्रयास कर रहा था इस दौरान तेंदुएं ने दो मवेशियों को घायल करने के साथ ही महिलाओं पर भी हमले का प्रयास किया था टेबल टेनिस दुर्ग जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित सत्रहवीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की टीम उप विजेता रही है इस प्रतियोगिता के तहत यूथ और जूनियर फाइनल के मैच खेले गए बालक वर्ग यूथ का फाइनल मुकाबला दुर्ग और रायपुर के बीच खेला गया इसमें रायपुर के राजू साहू ने दुर्ग के एम रविराज को तीन शून्य से और श्लोक ने निखिल को तीन शून्य से हराया वहीं गजेन्द्र ने विशाल को तीन दो से पराजित किया इसी तरह बालिका वर्ग यूथ का फाइनल मुकाबला बिलासपुर और दुर्ग के बीच हुआ इसमें बिलासपुर की अनन्या दुबे ने दुर्ग की रूबी को तीन शून्य से और दिवंशी ने भी शैल को तीन शून्य से हराया संक्षिप्त समाचार कबीरधाम कलेक्टर ने पट्टाधारी बैगा आदिवासियों को लघु कृषि उपकरण वितरण में अनियमितता बरतने के मामले में कामठी और मुनमुना के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है वहीं छह अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के निलंबन के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा गया है जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा क्षेत्र के अमेराडीह गांव में एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से दो युवकों की मौत हो गई